श्री योगी आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

उन्होंने कहा है कि हाई रिस्क ग्रुप का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाए इससे कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि सभी जिलों में इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर पूरी सक्रियता के साथ संचालित किए जाएं जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रतिदिन बैठक कर स्थिति की समीक्षा और आगे की रणनीति तय करे यह बैठक सुबह कोविड अस्पताल में तथा शाम को इंटीप्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर में आहृत की जाए श्री योगी ने कहा कि डोर दू डोर सर्वे कार्य तेजी से संचालित किया जाए सर्वे के दौरान पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से लोगों के ऑक्सीजन स्तर की जांच की जाए निर्घारित स्तर से कम ऑक्सीजन वाले व्यक्तियों को अस्पताल भेजकर वहां उनकी विस्तृत जांच एवं आवश्यकतानुसार उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए प्रदेश में कोविड संक्रमण को सीमित रखने के लिए राज्य सरकार हर संभव उपाय कर रही है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि संक्रमण का शिकार हए लोगों के संपर्क में आने वालों की पहचान के साथ ही कोविड नमूनों की जांच भी बढ़ाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड नाइन्टीन के तिरासी हजार तीन सौ सैंतालिस नये मामले आने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या छप्पन लाख को पार कर गई है अब तक पैंतालिस लाख सत्तासी हजार छः सौ तेरह लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वालों की दर इक्यासी दशमलव दो पांच प्रतिशत हो गई है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 केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि विपक्ष कृषि से संबंधित विधेयकों के बारे में खुल्लमखुल्ला दुष्प्रचार करके देश के किसानों को गुमराह कर रहा है कल लोकसभा में उन्होंने फिर कहा कि इन क्वियकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य या किसानों की उपज की सरकारी खरीद की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पडेगा श्री तोमर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रबी की छह फसलों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा बुआई मौसम से पहले ही किए जाने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और उनकी उपज की खरीद करने को वचनबद्ध है कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार ने पिछले छह वर्षो में न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान के हिस्से के रूप में किसानों को करीब सात लाख करोड रूपये का भुगतान किया है आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयती है उनकी प्रसिद्व रचनाओं में शामिल हैं रश्मिरथी कुरूक्षेत्र उर्वशी संस्कृति के चार अध्याय परशुराम की प्रतीक्षा हुंकार हाहाकार और चक्रव्यूह आदि प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर श्रद्वा समन अर्पित किए हैं एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि दिनकर जी की यादगार रचनाएं न केवल साहित्यिक अभिरूचि वालों को बल्कि आम लोगों को भी प्रेरित करती रहेगी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर श्रद्दांजलि अर्पित की है एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि दिनकर जी की विशिष्ट रचनाएं लोगों को हमेशा प्रेरित करती रहेंगी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कल से रूक रूक कर वर्षा हो रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर महराजगंज सिद्दार्थनगर सहित कई जिलों में बीती रात से हल्की से सामान्य वर्षा का क्रम जारी है मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से भारी वर्षा होने की सम्भावना जताई है वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है कृषि वैज्ञानिकों ने इस वर्षा को खरीफ फसल के लिए लाभदायी बताया है